आज कैथल में पूंडरी विधानसभा के चार बड़े गांवो कौल ढांड पाई और हाबड़ी से एक नई श्रूआत म्ख्यमंत्री से सीधी बात कार्यक्रम शुरू किया गया है

म्ख्यमंत्री ने कहा कि अधिक जनसंख्या वाले भी प्रदेश के पचास गांवों का दौरा कर वे लोगों से सीधा संवाद करेंगे

मुख्यमंत्री ने आज जन सभा स्थल पर दो करोड़ छ लाख रूप्ये लागत से बनने वाले खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के भवन का शिलान्यास भी किया और जनसभा को सम्बोधित भी किया मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि जल्द ही राज्य में बिजली की दरों में कमी की जायेगी साथ ही जिन उपभोक्ताओं के बिजली के मीटर नहीं लगे हए है उनकों पिछले साल ही एक साल का औसत बिल भरने का मौका दिया जायेगा और प्रा जुर्माना व ब्याज माफ कर दिया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने बिजली का बिल नहीं भरा है उनको भी दो साल के भीतर बारह किश्तों में अपना बिल भरने का मौका दिया जायेगा और उनके लिये भी जुर्माना व ब्याज माफ होगा आज कैथल के गांव कौल में लोगों से सीधा संवाद कार्यकम की श्रूआत करने के बाद अपने सम्बोधन मे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने म्हारा गाव जगमग गांव योजना के तहत बिजली की घाटे को उबारने का सफल प्रयास किया है जिसके फलरूवरूप प्रदेश के पांच जिलों ग्रूग्राम पंचकूला अम्बाला सिरसा और फरीदाबाद में चौबीस घंटे बिजली दी जा रही है

हरियाणा के राज्यपाल प्रो कप्तान सिंह सोलंकी ने सभी नागरिकों का आहवान किया है कि वे रक्तदान व अंगदान के लिए आगे आये राज्यपाल आज चंडीगढ़ में राजभवन में आयोजित अंगदान जागरूकता एंव रक्तदान शिविर का उदघाटन कर अवसर पर बोल रहे थे

इस अवसर पर राज्यपाल ने रक्तदाताओं श्री शिव कांवड़ महासंघ चेरिटेबल ट्रस्ट ओंकार दास मित्तल चेरिटेबल ट्रस्ट पंचकूला और स्क्योर गार्डस एवं मैन पावर सर्विसस को सम्मानित किया

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि पीएफएमएस राज्य सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में सहायता करती है और अंतिम उपयोगकर्ता को धनराशि का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करती है यह प्रणाली सार्वजनिक व्यय में होने वाले लीकेज को पकडऩे में भी सहायता करती है और पारदर्शिता बढ़ाती है उन्होंने बताया कि पीएफएमएस के कार्यान्वयन में हरियाणा शीर्ष पांच राज्यों में से एक है तथा केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न मंचों पर राज्य दवारा की गई प्रगति की सराहना की गई है

पंजाब के राज्यपाल और संघीय क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासक बी पी सिंह बदनौर ने आज चंडीगढ़ के चुनाव विभाग दवारा तैयार किये गये वोटर रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया ये वोटर रथ चंडीगढ़ के विभिन्न स्कूलों कालेजों तथा विशेषकर अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों मे जायेगा और आगामी लोकसभा और पंचायत च्नावों के दृष्टिगत लोगों को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा

खेल मंत्री श्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार के नियम अन्सार कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि अन्य किसी व्यवसायिक कार्य से आय अर्जित करता है तो उसे अपनी कमाई का एक तिहाई भाग सरकारी खज़ाने में जमा कराना होता है और सरकार इस नियम छप्पन की अनुपालना सरकारी सेवा मे रहते हए पेशेवर खिलाड़ियों को भी करनी होगी श्री विज ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर प्राने नियम के आधार पर ये निर्देश जारी किये गये है इसके तहत सरकारी कर्मचारी को व्यवसायिक तौर पर खोलते हए कमाये पैसे का एक तिहाई भाग स्पोर्टस फंड में जमा कराना होगा जिसे बाद में खिलाड़ियों के उत्थान पर ही खर्च किया जायेगा पंचकूला के उपायुक्त श्री मुकेल कुमार ने अधिकारियों ये कहा है कि वे यह स्निश्चित करे कि अवैध खनन किसी कीमत पर न हो और जो अवैध खनन करता पाया जाये उसके विरूद्व प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाये उपाय्क्त ने जिले के दोनों उप मंडलों की चैकिंग स्निश्चित करने के लिए दो कमेटियों का गठन किया है जिसमें प्लिस वन विभाग व आबकारी विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है उपाय्क्त ने इस दिशा मे की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की प्रसत्त करने को कहा है स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र ने आज अम्बाला के गांव ख्डडा कलां में स्वच्छ भारत समर इंटनशिप स्कीम कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में कहा कि स्वच्छता के लिए हमे स्वयं सचेत रहना है तथा द्रसरों को इसके लिए प्रेरित करना है स्वच्छता अपना कर हम एक सुंदर समाज व देश की कल्पना कर सकते है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को लोगों ने काफी सराहा है और आगे आकर हम अभियान में अपनी सहभगिता सुनिश्चित की है सरकार भी समय समय पर अभियान चलाकार इसके लिए लोगों को प्रेरित करती है अम्बाला के सन्नी आहलूवालिया फाउंडेशन संस्था को घायलों की समय रहते मदद करने तथा उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए गुड स्माटिरन अवार्ड से सम्मानित किया गया